राज्य में नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए व्यापक तैयारियां चलाया जायेगा जन जागरुकता अभियान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हवाओं का रुख बदलने से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी हरदा बैतूल सहित कुछ जिलों में बारिश की संभावना मातृ वंदना पुरस्कार प्रदेश को प्रधानमंत्री मात वंदना योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिये तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया योजना में जिला स्तरीय श्रेणी में प्रदेश के इंदौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है

समारोह में आयुक्त महिला बाल विकास नरेशपाल कुमार ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की इस अवसर पर प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अनुपम राजन और इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव उपस्थित थे कोरोना सिलावट राज्य में नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है आधिकारिक जानकारी के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस संबंध में विभागीय तैयारियों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी श्री सिलावट ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिये बड़े पैमाने पर जन जागरुकता अभियान चलाया जाए लोगों को इससे बचाव के घरेलू उपायों के साथ परम्परागत उपायों की जानकारी भी दी जाये उन्होंने कहा कि सभी जिला चिकित्सालयों में संदिग्ध मरीजों को रखने के लिए विशेष वार्ड स्थापित किये जा रहे हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की जाँच के निर्देश दिये श्री सिलावट ने कहा कि मीट मछली मार्केट की प्रतिदिन साफ सफाई की जाये बैठक में प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि चीन से लौटे प्रदेश के छह लोगों को दिल्ली में रोका गया है

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की निःशुल्क जाँच के लिये सैम्पल पुणे भेजे जायेंगे नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी कोरोना वायरस की आशंका को देखते हुए एहतियातन तैयारियां की गई हैं

बैतूल इंदौर सहित सभी जिलों में कोरेना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है मिशन इन्द्रधनुष संपूर्ण टीकाकरण के लिए प्रदेश में आज से मिशन इन्द्रधनुष का तीसरा चरण शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेरह फरवरी तक चलाये जाने वाले इस अभियान में दो साल तक के बच्चों को जीवनरक्षक टीके और दवायें दी जा रही हैं बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शहरी आशा कार्यकर्ताओं की जागरुकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया आगर मालवा जिले में चार सौ सड़सठ बच्चों और एक सौ अड़तालीस गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण के लिए पहचान की गई है खंडवा होशंगाबाद और सतना में भी मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण शुरू हो गया है उधर नीमच जिले में भी तीनो विकासखण्ड पालसोड़ा डीकेन और मनासा में आशा कार्यकर्ताओं का दल बच्चों को टीके लगा रही हैं

शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में छत्तीस उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं यहां किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है झाबुआ जिले में भी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन किया जा रहा है सीहोर राजगढ़ होशंगाबाद अशोकनगर शिवप्री सिवनी भिण्ड मुरैना सहित विभिन्न जिलों में किसानों से अंतिम तारीख से पहले पंजीयन की अपील की गई है

इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि इससे पसान नगर के पांच हजार छह सौ परिवारों को पेयजल उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यूवा स्वाभिमान योजना में जरूरी परिवर्तन किये जा रहे हैं

मौसम हवाओं का रुख उत्तर और उत्तर पूर्वी बने रहने के साथ साथ पहाड़ों पर रह रहकर हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में भी सर्दी महसूस की जा रही है मौसम कोन्द्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य है और चमकदार धूप खिल रही है लेकिन हवाओं में ठण्डक होने के कारण रात्रि में तेज सर्दी पड़ रही है इसके अलावा पश्चिम में बार बार बन रहे विक्षोभ के कारण भी सर्दी के तीखे तेवर अभी कुछ दिनों तक कायम रहने की संभावना है राजधानी भोपाल में आज सुबह से धूप खिली लेकिन शाम होते होते आसमान आंशिक मेघमय हो गया मौसम केन्द्र ने बताया कि पिछले चौबीस घटो के दौरान प्रदेश के सीधी जिले में शीतलहर चली वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रीवा सीधी और दतिया में दर्ज किया गया मौसम केन्द्र ने अनुमान जताया है कि हरदा बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा बुरहानपुर सिवनी और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है

यहां आयोजित यज्ञ में विश्व शांति की कामना की गई

इसमे ऊर्जा मंत्री प्रियवत सिंह शामिल होंगे